याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे तथा मुकल रोहतगी ने पैरवी की वहीं स्पीकर की ओर से वरिष्ठ हरिक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तथा देवी दत्त कामथ ने बहस की इसके अलावा मुख्य सचेतक महेश जोशी पब्लिक अगेंस्ट करेप्शन संस्था के वकीलों ने भी इस बहस में भाग लिया जयपुर में दिल्ली रोड़ स्थित एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सत्य उनके साथ है और सत्य की जीत होगी श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार स्थिर और मजबूत है तथा वह पूरे पांच साल तक राज्य की जनता की सेवा करती रहेगी इसके बाद शाम चार बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर राज्य मंत्रीमंडल की बैठक बुलाई मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया कि बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा राज्य की वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार के गृह विभाग की उस अधिसूचना पर सवाल उठाये जिसके तहत सीबीआई को किसी जांच के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी

राजस्थान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में अग्रणी राज्य बना हुआ है

चिकित्सा विभाग द्वारा अब गंभीर मरीजों के इलाज के लिए जयपुर के बाद कोटा में भी प्लाज्मा थैरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा

अपने पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है केन्द्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज मनोदर्पण पहल की वर्चअल रूप से शुरूआत की है इस पहल से विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक सामाजिक सहायता मिलेगी श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों शिक्षकों और परिवारों को मजबूती सहायता और सुझाव देगा

सरपंच ने अपने कंपाउंडर भाई के साथ मिलकर एक व्यक्ति से एक परियोजना में काम करने की एवज में रिश्वत मांगी थी ये कार्रवाई ब्यूरो की उदयपुर इकाई की ओर से की गई

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं हमारे बीकानेर संवाददाता ने कषि विभाग के हवाले से बताया कि अब किसान इस योजना से मिलने वाली राशि से खाद बीज और खेती की अन्य सामग्री खरीद रहे हैं कृषि विभाग के सहायक निदेशक रामकिशोर मेहरा ने बताया कि कोरोना काल में किसानों को रोजी रोटी के लिए शहर नहीं जाना पड़ रहा है

जोधपुर के पास बाड़मेर रोड पर आज एक दुर्घटना में चार लोगों की मृत्यु हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि ये दुर्घटना लूणावास गांव के पास हुई

प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है

सवाईमाघोपुर बूंदी अलवर झुन्झुन टोंक भरतपुर दौसा बारां और उदयपुर जिलों में कई जगह बारिश होने से लोगों को गर्भी से राहत भिली